मुलाकात के दौरान तीन न्यीशी निर्वाचन क्षेत्र ताली कोलोरियांग और पालिन में मतदान प्रक्रिया के दौरान उभरे समस्याओं को सोसायटी ने मुख्य सचिव तक पहुंचाई श्री गोपाल ने सोसायटी द्वारा जताए चिंता की सराहना करते हुए कहा कि पुलिस और प्रशासन पूरे राज्य भर में जिसमें कथित तीनों निर्वाचन क्षेत्र भी शामिल है में शांतिपूर्ण और निष्पक्ष चुनाव कराने के प्रति प्रतिबद्ध है इस अवसर पर आईजीपी सुनील गर्ग भी मौजूद थे उन्होंने जानकारी दी कि पूरे राज्य में पर्याप्त सुरक्षा मापदंड अपनाए गए है और कानून और व्यवस्था को बनाए रखने में राज्य मशीनरी पूरी तरह सक्षम है

उससे नकद और एक सौ पच्चीस ग्राम अफीम बरामद किया गया आम नागरिकों ने असम राइफल्स के इस प्रयास की सराहन करते हुए क्षेत्र में शांति और सामान्य स्थिति बहाल करने के लिए सैनिकों की सराहना की

एक ट्वीट कर उन्होंने कहा कि एशिया का पहला नोबेल पुरस्कार विजेता और भारत के राष्ट्रीय गीत के गीतकार देश के अग्रणी सांस्कृतिक प्रतिक में से एक है

इस अवसर पर जिला उपायुक्त ने सभी विभागों से बारिश के मौसम से पूर्व एक्शन प्लान तैयार करने को कहा ताकि मॉनसून के मौसम से निपटा जा सके उन्होंने सभी लाईन विभागों से आपदा प्रबंधन योजना को जल्द से जल्द समीक्षा कर सौंपने को कहा

कैंप के दौरान कार्यस्थल पर किसी भी तरह के यौन उत्पीड़न और घरेलू हिंसा के मामलों को बिना झिझके रिपोर्ट करने की जानकारी दी गई

इस अवसर पर कॉलेज परिसर में एक व्रक्षारोपण कार्यक्रम भी चलाया गया

इस उपलक्ष्य में राजभवन में आयोजित एक रक्त दान कार्यक्रम भी आयोजित किया गया राज्यपाल ने इस अवसर पर राज्यवासियों खासकर युवाओं और छात्रों से स्वेच्छा से रक्त दान कर जरूरतमंद लोगों की जान बचाने को कहा गौरतलब है कि राज्यपाल भारतीय रेडक्रॉस सोसायटी के प्रदेश शाखा के अध्यक्ष है यह दिन अंतर्राष्ट्रीय रेडक्रॉस समिति के संस्थापक हेनरी डुनान्ट की जयंती के उपलक्ष में मनाया जाता है

इस प्रदर्शन में सेना और चिरांग प्रशासन एवं बोंगाईगांव जिले के कई गणमान्य व्यक्ति भी मौजूद थे साथ ही कई स्थानीय लोग भी प्रदर्शन में मौजूद थे इस प्रदर्शन का उद्देश्य लोगों के बीच सकारात्मक नजरिया और उन्हें आश्वस्त करना था कि आपातकालिन मौको पर भी उनका ख्याल रखा जाएगा

कुछ मामलों में पाये गये फर्जीवाड़े को देखते हुए दुबई वाणिज्य द्रतावास ने कहा है कि काम के इच्छुक लोगों को पर्यटन वीजा पर नहीं आना चाहिए अब्रू धाबी में भारतीय दूतवास ने सलाह दी है कि लोग यहां आने से पहले मानक प्रक्रिया का पालन करें और कार्य करने का आदेश और नौकरी पत्र की वैधता एजेंसी से प्राप्त कर लें इससे पहले भारत सरकार ने कहा था कि जनवरी दो हजार उन्नीस से उन सभी अट्ठारह देशों में रोजगार वीजा वाले सभी भारतीयों का पंजीकरण अनिवार्य है जहां अव्रजन जांच आवश्यक होती है

आज का अधिकतम तापमान बाईस दशमलव चार डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान बीस डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया जबकि पिछले चौबीस घंटों के दौरान आठ दशमलव तीन मिलीमीटर बारिश दर्ज कराया गया